मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को गुमराह कर रहा है विपक्ष

शिमला कुफरी नारकंडा और मनाली में इस साल का पहला हिमपात प्रदेश में ठंड का प्रकोप और बढ़ा जनजागरण प्रदेश भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कल पांच जनवरी से राज्यव्यापी जनजागरण अभियान आरंभ करेगी इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टुटू से करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुजरात से इस अभियान की शुरूआत करेंगे जनजागरण अभियान के दौरान भाजपा प्रदेश के पांच लाख परिवारों से संपर्क करेगी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती अपने अपने गृह क्षेत्रों में इस अभियान की शुरूआत करेंगे भाजपा का आरोप है कि विपक्षी दल और अराजक तत्व नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल नागरिकता संशोधन अधिनियम पर राजनीति कर रहे हैं और झूठे बयान देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है जयराम ठाकुर ने आज देहरादून में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि इस अधिनियम में देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के विरूद्व कुछ नहीं है क्योंकि वे पहले ही भारत के नागरिक है

जयराम ठाकुर ने बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत से भी मुलाकात की और दोनों राज्यों के आपसी हितों के बारे में चर्चा की सरवीण चौधरी इधर शाहपुर में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आयोजित संवाद संगोष्ठी में कहा कि सीएए नागरिकता देने के लिए है न की नागरिकता छीनने के लिए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम बनाकर महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्वांजलि दी है उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से धर्म के आधार पर भारत विभाजन का दंश झेल रहे अनगिनत परिवारों के मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी सरवीण चौधरी ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ तक इस अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा वन मंत्री वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कहा कि ये कानून पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे शरणार्थियों को बहुत बड़ा सहारा देगा कुल्लू में सीएए पर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन खासकर अल्पसंख्यकों में नागरिकता को लेकर डर पैदा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सीएए से भारत के किसी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है

उन्होंने कहा कि इस कानून के विरोध का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश में ड्रग माफिया लगातार पैर पसार रहा है खनन माफिया भी बेलगाम हो चुका है लेकिन इन पर लगाम कसने के बजाए सरकार नाटियां डालने में व्यस्त है अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने जश्नों और नाटियों पर करोड़ों रूपये फूंकने जैसा कोई काम नहीं किया है उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर भी चिंता जताई

पहली उड़ान भुंतर तिंदी तिंगरिट भुंतर दूसरी उड़ान भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भूंतर तांदी भूंतर के बीच भरी जाएगी

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी

इन तीनों आरोपियों को आज शिमला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से इन्हें सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया इन आरोपियों को बीते रोज गिरफ्तार किया गया था

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शिमला ज़िला में इस बार का जनमंच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी में आयोजित होगा जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार करेंगे कांगड़ा जिला में जनमंच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दौलतपुर में होगा जिसकी अध्यक्षता वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे हमीरपुर जिला में इस बार का जनमंच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में होगा जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे जनमंच को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार पिछले कई दिनों से विशेष प्रचार अभियान चला रही है

उन्होंने हरिपुर पंचायत में एक जनसभा को भी संबोधित किया

इससे जिले के किसानों और बागवानों को व्यापक फायदा होगा

रामस्वरूप शर्मा आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र की धमच्यान पंचायत के पशाकोट में किसान प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे

मौसम मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के विपरीत आज शिमला कुफरी नारकंडा चायल और मनाली में इस साल का पहला हिमपात हआ राजधानी शिमला में हालांकि सुबह हल्की धूप खिली हई थी लेकिन अचानक ही मौसम ने करवट बदली और काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया इसके तुरंत बाद ही शहर में पहले ओलावृष्टि और फिर बर्फबारी आरंभ हो गई देखते ही देखते शहर की सड़कों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई जिससे कई स्थानों पर यातायात बाधित हुआ शिमला रामपुर सड़क पर भी कुफरी और नारकंडा में हुई बर्फबारी के कारण यातायात में बाधा आई

हालांकि इस सब के बावजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने नए साल की इस पहली बर्फबारी का खूब आनंद लिया ताजा वर्षा और बर्फबारी से प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है